अब आदिवासियों के उत्पादों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरे प्रदेश में अभी नहीं पहुंचा है मॉनसून किसान को बोवनी के लिये अधिक बारिश का इंतजार

मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से जल संरक्षण के लिये जन आंदोलन शुरू करने का आहवान किया है उन्होंने जल संरक्षण के पारम्परिक तौर तरिकों पर ध्यान दिये जाने की बात कही श्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिये जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिये इसमें न केवल जल संबंधी समस्याओं के निदान पर जोर दिया जाए बल्कि पानी बचाने के तरिकों का भी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रयास में समाज को एकजूट होना चाहिये तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े लोगों को अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिये हॉल ही में मनाये गये अंतराष्ट्रीय योग दिवस के बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिये स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता ने योग की शान और योग का महत्व बड़ा दिया है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वस्थ्य समाज के लिये स्वस्थ्य और संवेदशील नागरिकों की जरूरत है और योग इसका जरूरी सिद्वांत है श्री मोदी ने अपने संबोधन में लोकतंत्र के महत्व पर जोर देते हए कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिये संविधान आवश्यक है भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि कानून और व्यवस्था के अलावा लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है और यह हमारी विरासत का अंग है उन्होंने स्वागत समारोह में स्वागत के लिये लोगों से फूलों के गुलदस्ते देने के बजाय पुस्तकें देने का आग्रह किया मन की बात कार्यक्रम को आज मध्यप्रदेश के रतलाम इंदौर शिवपुरी उज्जैन सहित विभिन्न जिलों में नागरिकों द्वारा उत्साह पूर्वक सुना गया

यह कार्यवाही सिरोंज जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत पर की गई है इस मामले में कलेक्टर ने सिरोंज के अनुविभागीय अधिकारी को हटाकर विदिशा पदस्थ कर दिया है हर्षित वापसी झाबुआ जिले के राणापुर में रहने वाला हर्षित अग्रवाल सकुशल अपने घर वापस आ गया है हर्षित पर इटली के रोम में एसिड अटैक हुआ था हर्षित ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी ट्वीटर के माध्यम से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय को दी थी जिसके बाद भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने इटली के दूतावास से संपर्क कर हर्षित को हरसंभव सहयोग किया जनजातीय मंत्रालय जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने आदिवासी समुदायों की आदमनी बढ़ाने तथा युवाओं को रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बाजार की बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन के साथ एक करार किया है जिससे आदिवासी घरों में बने उत्पादों को वैश्विक स्तर उपलब्ध कराया जा सकेगा करार के अनुसार जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राईफेड के माध्यम ये आदिवासी क्षेत्रों होने वाली वनोपज और हथकरघा उत्पाद अमेजन पर उपलब्ध होंगे ट्राईफेड के अध्यक्ष प्रवीर कृष्ण ने कहा कि ट्राईफेड का उद्देश्य आदिवासी उत्पादों को घर घर पहुंचाना है जिससे आदिवासी समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके इसके लिए ट्राईब्स इंडिया के तहत गो ट्राईबल अभियान शुरू किया गया है इसमें आदिवासी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा टाईगर रिजर्व उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में आज से पर्यटकों का प्रवेश अगले तीन माह के लिये बंद कर दिया गया है

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तीन माह तक प्रतिबंधित अवधी में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं योजना प्रदर्शनी शहडोल जिले के मुख्य पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ शासकीय योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी जिला कलेक्टर ने स्थानीय गांधी स्टेडियम के सामने स्थित लाईब्रेरी का निरीक्षण करने के बाद वहां योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने का निर्देश दिया है उन्होंने सभी विभागों को लाईब्रेरी में स्टॉल लगाने के निर्देश दिये हैं कलेक्टर ने बताया कि अब पुस्तकीय ज्ञान के साथ लोगो को शासकीय योजनाओं की जानकारी भी आसानी से एक ही स्थान पर मिल सकेगी फग्गन सिंह कुलस्ते केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कोई भी प्रस्ताव आज तक केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लगाये जा रहे भेदभाव के आरोप को गलत बताया श्री कुलस्ते आज डिंडोरी में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की

इसमें जनप्रतिनिधियों सामाजिक संगठनो और नागरिकों का भी सहयोग लिया जाएगा विकास मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रशस्ति पत्र दिये जाएंगे

मॉनसून की गति धीमी होने और बोवनी के लिये बारिश नहीं हो पाने से किसान चिंतित हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अब तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई जिससे बोवनी नहीं हो पाई है जिले में अच्छी बारिश के लिये लोग विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का भी आयोजन कर रहे हैं

किसान यहां बोवनी के लिये पर्याप्त बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं

अमरनाथ यात्रा देश के विभिन्न भागों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिये पहंचे साध्ओं समेत अन्य तीर्थयात्रियों का जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पवित्र गुफा के लिये रवाना हुआ उधमपुर डोडा रेंज के उप महानिरीक्षक सुरजीत के सिंह ने बताया कि तीर्थयात्रियों की कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्री स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं गांदरबल ज़िले के बालटाल आधार शिविर से तीर्थयात्री कल तीन हज़ार आठ सौ अस्सी मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ मंदिर के लिये आगे की यात्रा शुरू करेंगे

सम्मान निधि योजना श्योपुर जिले में पात्र किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है इस संबंध में कलेक्टर ने जिले की श्योपूर बड़ोदा कराहल विजयपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पात्र किसानों से आग्रह किया है कि वे योजना का लाभ लेने के लिये अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करें कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के लिये जो गाईड लाइन जारी की गई है उसमें दो हेक्टेयर भूमि का बंधन समाप्त कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि जो किसान आयकर देते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा विश्वकप क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अब तक अजेय भारत आज बर्मिंघम में मेज़बान इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहा है

जिसमें जॉनीबेयर स्टोक्स के शानदार शतक शामिल है

यदि आज का मैच भारत जीत जाता है तो सेमी फाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी और इंग्लैंड प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के हस्तांतरण पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया है

उन्होंने दस्तक अभियान टीकाकरण परिवार कल्याण क्षय रोग जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शत्प्रतिशत लक्ष्य पूर्ती करने के निर्देश दिये